मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कांफैंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और आशा कार्यकर्ता इस संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं जयराम ठाकूर ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सफल रही है जिसका श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में अपनी अहम भूमिका निभाने और एक्टिव फाईडिंग केस अभियान को सफल बैनाने में आशा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को सावधानियां बरतते हुए बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखने और क्वारंटीन अवधि के नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया

इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार करोड़ रूपये पहले ही जारी किये जा चुके हैं इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास भोजन चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा

कोरोना पॉजीटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं

कुल्लू से आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चौपाल वनमण्डल के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वनों का कटान व आग की घटनाओं को रोकने के लिए चौपाल में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है गोविंद ठाकूर ने क्षेत्र में चीड़ की पत्तियों से चैकडैम के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इस प्रयोग को प्रदेश के अन्य क्षेत्रो में भी अपनाने के प्रयास किए जाएँगे वनमंत्री ने कहा कि चौपाल वनमण्डल में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा ताकि सभी विकासात्मक कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे किए जा सकें

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डी धीमान ने बताया कि इस सुविधा से लोगों को सामान्य स्वास्थ्य परामर्श के अलावा विशेषज्ञों द्वारा भी सेवाए दी जा रही हैं उन्होंने बताया कि विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर सभी कार्य दिवस पर सुबह साढ़े नौ से सायं चार बजे तक निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा देने के लिए उपलब्ध रहते हैं

उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू ढील को भी समाप्त कर दिया गया है उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या वाहन की आवाजाही बाधित रहेगी हालांकि सरकारी सेवाओं में लगे वाहनों को इसमें छूट रहेगी